नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गम्भीर बनी हुई है मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सीतामढ़ी पूर्वी चम्पारण और दरभंगा जिले में कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के आस पास बना हुआ है जिससे कई गांव अब भी बाढ़ के पानी में डूबे हुये हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रदेश में बाढ़ से तेरह जिलों में लगभग तिरासी लाख की आबादी प्रभावित हुई है अब तक एक सौ सत्ताईस लोगों की बाढ़ के कारण मृत्यू हो चूकी है हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया कि जिले के गायघाट में बागमती नदी पर बना रिंग बांध ट्रट जाने से कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है वहीं जिले के कांटी प्रखंड में तटबंध ट्रटने से बाढ़ में हजारों एकड़ में लगी फसल ड्ब गयी है बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में खतरे के निशान के आस पास रिकॉर्ड किया गया दरभंगा जिले में सिंहवाड़ा प्रखंड के सढ़वारा गांव में रिंग बांध टूटने से सढ़वारा और अरैला पंचायत में कई गांव में बागमती नदी का पानी प्रवेश कर गया है जिले के बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में हेलीकॉप्टर द्वारा खाने के पैकेट गिराये जा रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों के लिए सामुदायिक रसोई घर खोले गये है जहां बाढ़ पीड़ितों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है समस्तीपुर जिले में कोसी कमला करेह बागमती और बूढ़ी गंडक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण जिले के बिथान हसनपुर सिंधिया और कल्याणपुर प्रखंडों के पच्चीस गांव बाढ़ से प्रभावित हैं पचास हजार से अधिक लोग बाढ़ से धिर गये हैं जबकि हजारों एकड़ में लगी फसल ड्रब गयी है ब्रूढ़ी गंडक नदी के उफान के कारण समस्तीपुर प्रखंड के दो सौ से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया नरकटियागंज रोड पर बना डायवर्जन टूट गया है जिससे आठ पंचायत मुख्यालय से कट गये हैं कल शाम तक गंडक बराज से इक्यानवे हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिससे नये इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है भीमनगर स्थित कोसी बराज से एक लाख छियासठ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिससे कटिहार अररिया और सुपौल जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के कुर्साकांटा सिकटी और नरपतगंज के कई गांव में स्थानीय बरसाती नदियों का पानी प्रवेश कर गया है जिले में परमान बकरा नूना भलुआ और रतवा नदी उफान पर है इधर फारबिसगंज से खवासपुर सड़क मार्ग पर रमई गांव में एक पुल के ध्वस्त हो जाने से दर्जनों गांव का सम्पर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है वहीं लक्ष्मीपूर के पास बाढ़ के पानी में सड़क के पचास मीटर तक कट जाने से क्षेत्र में आवाजाही बाधित है जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अलग अलग स्थानों पर ड्रबने से दो बच्चों की मौत हो गयी पूर्वी चम्पारण जिले में रामगढ़वा सुगौली बंजरिया ढाका पताही और फेनहरा प्रखंडों के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है बंजरिया प्रखंड में ब्रूढ़ी गंडक तिलावे बंगरी धनौती और द्रधौरा नदियों में उफान के कारण कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में राहत कार्यों और खाद्य सामग्री वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुये पीड़ितों ने कई स्थानों पर हंगामा किया है हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया है कि गायघाट प्रखंड के कोदई पंचायत के कई ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी कार्यालय का घेराव किया प्रदर्शनकारियों ने राहत कार्यो में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुये तालाबंदी कर दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पटना में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की श्री कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिये उन्होंने संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित क्षेत्रों में जाकर बाढ़ और राहत कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने को कहा मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने कहा कि बाढ़ राहत को लेकर दिये गये निर्देशों का हर हालत में अनुपालन किया जाये श्री कुमार ने अधिकारियों से दक्षिण बिहार के सुखाड़ से प्रभावित जिलों में उत्पन्न स्थिति के बारे में जानकारी ली वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है आज नई दिल्ली में परिषद की छत्तीसवीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जरों पर जीएसटी दर को अठारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला भी हुआ नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी जीएसटी परिषद ने स्थानीय उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी मंजूरी दे दी है जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक में जीएसटी में पंजीकरण के लिए कारोबार को आधार से जोड़ने और उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कटौती का लाभ नहीं देने वाली इकाइयों पर दस प्रतिशत तक जुर्माना लगाने को मंजूरी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह दूसरी कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडिया डॉट जीओवी डॉट इन पर प्रसारित किया जाएगा इसका प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि आठ बजे से सुना जा सकता है नालंदा विश्वविद्यालय के तत्वावधान में दो दिवसीय पांचवां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन शुरू हो गया केंद्रीय युवा और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राजगीर के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुये कहा कि यह सम्मेलन शांति मैत्री और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा उन्होंने कहा कि सम्मेलन विश्वभर से आये विशेषज्ञों और विद्वानों के सान्निध्य में शैक्षणिक अवसरों की जानकारी और सांस्कृतिक अनुभवों के आदान प्रदान का सुनहरा मौका है पटना व्यवहार न्यायालय ने पिछले दिनों हंगामा करने के मामले में गिरफ्तार पांच नियोजित शिक्षकों को जमानत दे दी है इन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जायेगा गौरतलब है कि अठारह जुलाई को पटना के गर्दनीबाग में विधानसभा घेराव करने के दौरान नियोजित शिक्षकों ने पूलिस के साथ झड़प के बाद उपद्रव किया था इस मामले में नामजद पन्द्रह लोगों में से पांच को पुलिस ने गिरफ्तार किया था इधर बांका और अरवल जिले में नियोजित शिक्षकों के संगठन ने पिछले दिनों शिक्षकों पर हुये लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में आज आक्रोश मार्च निकाला प्रदेश के प्रख्यात दवा उद्योगपति संप्रदा सिंह का आज मुंबई में निधन हो गया वे चौरानवे वर्ष के थे संप्रदा सिंह जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के ओकरी गांव के रहने वाले थे उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है छात्र राजद ने प्रदेश में गिरती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आज पटना में आक्रोश मार्च निकाला इस दौरान आयकर गोलम्बर पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हो गयी पथराव कर रहे कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा रक्षा मंत्रालय ने युवाओं के बीच देशभक्ति की भावना के संचार के लिए करगिल युद्ध पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की है कल से आरंभ यह प्रतियोगिता अगले महीने की चार तारीख तक चलेगी माई जीओवी डॉट आईएन प्लेटफॉर्म पर हिन्दी और अंग्रेजी में आयोजित क्विज की अवधि पांच मिनट की होगी जिसमें अधिकतम बीस प्रश्नों के जवाब दिए जा सकेंगे इस प्रतियोगिता में दस वर्गो में नकद पुरस्कार रखे गये हैं

इस मामले में चार पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है वैशाली जिले में देसरी थाना क्षेत्र के खोक्सा कल्याण गांव के एक घर से पुलिस ने छापेमारी कर पैंतीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है